भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि श्री वाजपेयी के अस्थि कलश कार्यक्रम में बदलाव किया गया हैं और अब अस्थि कलश बाईस अगस्त को जयपुर लाये जायेंगे उन्होंने बताया कि श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए कल शाम सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेगी राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारियों ने केरल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए एक दिन का वेतन देने की घोषणा की है राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि केरल भयंकर बाढ़ और अतिवृष्टि की त्रासदी झेल रहा है उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश के आईएएस अधिकारी केरल के लोगों के साथ हैं वहीं आरएएस अधिकारियों ने भी एक दिन का वेतन देने का निर्णय किया है आरएएस एसोएिशन के अध्यक्ष पवन अरोडा ने ये जानकारी दी आज अक्षय उर्जा दिवस हैं मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि ऊर्जा के परम्परागत साधन सीमित हैं ऐसे में हम सभी को अक्षय ऊर्जा के स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिये श्रीमती राजे ने अपने संदेश में कहा है कि सौर पवन जल विद्यत बायोमास और जैव ईंधन जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण रहित हैं और इनका पुनर्भरण हो सकता है उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा भविष्य की जरूरत है इससे सतत् विकास को गति मिलेगी

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि जल्दी ही इन पदों पर पदस्थापन कर प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण को नये आयाम दिये जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी की जयंती आज सदभावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उनका स्मरण कर ट्वीट किया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें नमन

प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज प्रष्पाजंलि कार्यक्रम आयोजित कर राजीवगांधी को श्रद्वाजंलि दी गई भरतपुर में इस अवसर पर जिला कांग्रेस की ओर से आयोजित संगोष्ठी में राजीव गांधी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं केन्द्र सरकार के संस्थान ट्राइफैड द्वारा जयपुर में कल से आयोजित होने वाले आठ दिवसीय आदि महोत्सव में आदिवासी कला संस्कृति और प्रदर्शनी की त्रिवेणी का संगम होगा

उन्होंने बताया कि ट्राइफैड द्वारा आदिवासी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने उन्हें बाजार उपलब्ध कराने और आदिवासी शिल्प से आमलोगों को रुबरु कराने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है सीकर के फतेहपुर में डीजे बजाने को लेकर कावडियों और एक समुदाय के बीच हुई मारपीट के बाद तनाव पैदा हो गया है स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस जाब्ता तैनात है

हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है

हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया झुंझुनू जिले में लोटिया और फतेहपुरा गांव के बीच पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया

वहीं अजमेर जिले में गेगल हाईवे पर कल अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया

सावन के आखिरी सोमवार पर प्रदेशभर के शिवालयों में आज भक्तों की भीड उमड रही है सवाईमाधोपुर के शिवाड में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के बाहर भक्तो की लंबी कतारे देखी जा रही है और विशेष आयोजन हो रहे है उदयपुर में आज महाकालेकश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली जायेगी जो शहर के विभिन्न मार्गो से गुजरेगी